मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कुल्लू के एकदिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किए जा रहे अनुभव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे बाद में वे जिले के कई क्षेत्रों में विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री मणिकर्ण घाटी में बीते दिनों बादल फटने से प्रभावित हुए कटागला गांव का दौरा भी करेंगे पोषण माह कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए देशभर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों में बौनापन पोषण की कमी खून में कमी और कम वजन जैसी कुपोषण से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है इस दौरान किशोर बालिकाओं गर्भवती महिलाओं और धातृ माताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा इसी कड़ी में प्रदेशभर में भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कलश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति शेष कलश यात्रा आज लाहौल स्पीति में संपन्न होगी जिले की पवित्र नदी चंद्रभागा में श्री वाजपेयी की अरिथयों का विसर्जन किया जाएगा इस अवसर पर कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और मुख्यमंत्री के ओएसडी शिशु धर्मा सहित स्थानीय लोग मौजूद रहेंगे उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय श्री वाजपेयी का स्मृति शेष कलश कल शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय से लाहौल स्पीति ले जाया गया था मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई भागों में बीती रात भारी वर्षा हुई है जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है

प्रदेश के अधिकतर भागों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं

पंजाब केसरी की सुर्खी है गैर हिमाचली को मकान के लिए जमीन देने पर अस्थाई रोक अमर उजाला का शीर्षक है गैर हिमाचली कर्मचारियों के बच्चों को घर के लिए जमीन खरीदने के लिए नहीं मिलेगी छूट दैनिक जागरण के शब्द हैं सबके लिए खुला नहीं हिमाचल

हिमाचल दस्तक का कहना है सरकार ने वापिस लिए नए निर्देश गैर हिमाचली कर्मियों के बच्चों को माना था जमीन खरीदने का पात्र दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार जयराम सरकार का गैर हिमाचली मुलाजिमों को झटका नहीं खरीद सकेंगे जमीन शिमला में मकानों की मंजिले तय करने के ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देगी सरकार शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है एनजीटी ने ढाई मंजिल से ज्यादा न बनाने और रेगुलराइजड करते समय पर्यावरण सेस लगाने के लिए थे निर्देश

अजीत समाचार के शब्द हैं मणिमहेश की यात्रा शुरू राधाअष्टमी को होगी संपन्न पंजाब केसरी लिखता है जन्माष्टमी के पावन अवसर पर शिव भक्तों ने लगाई मणिमहेश डल झील में ढूबकी अमर उजाला की एक खबर है प्रदेश के अस्पतालों में सरकार देगी ऑप्रेशन का सस्ता सामान

पंजाब केसरी की का कहना है मनाली व लाहौल में उंची चोटियों पर हिमपात आपका फैसला ने खबर दी है गुणवत्ता संबंधी शिकायतें सुनने को उच्च स्तरीय टीम गठित अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय कुपोषण से जंग में लिखता है कि प्रदेश में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि स्वस्थ प्रदेश का सपना साकार हो सके हिमाचल दस्तक ने अपने संपादकीय में लिखा है कि वनों के सरंक्षण के लिए अहम भूमिका निभाने वालों को सम्मानित करने की सरकार ने जो पहल की है वे सराहनीय है शीर्षक है वनों के सरक्षण के लिए सार्थक पहल